न्यायालय ने लम्बू शर्मा समेत आठ को दोषी ठहराया

मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के पैतुक निवास से एके सैंतालीस राईफल बरामद होने के मामले में पुलिस ने केयर टेकर सुनील राम को गिरफ्तार कर लिया है वहीं विधायक के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोक थाम अधिनियम आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत बाढ़ थाना में मामला दर्ज किया गया है कई अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है बाढ़ के लदमा स्थित विधायक के पैतृक आवास से कल छापेमारी के दौरान एके सैंतालीस राईफल समेत दो हैंड ग्रेनेड और छत्तीस कारतूस बरामद किये गये थे पूरे मामले की जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को दे दी गयी है छापेमारी आज भी जारी है इधर विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि राजनीतिक मतभेद के कारण उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है आरा व्यवहार न्यायालय परिसर में बम विस्फोट मामले में आज स्थानीय अदालत ने पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत तीन आरोपियों को बरी कर दिया है वहीं न्यायालय ने इस मामले में कुख्यात लम्बू शर्मा नईम मियां और चांद मियां समेत आठ आरोपियों को दोषी ठहराया है दोषियों को बीस अगस्त को सजा सुनाई जायेगी गौरतलब है कि तेईस जनवरी दो हजार पन्द्रह को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट के दौरान दो लोगों की मौत हो गयी थी और बीस अन्य लोग घायल हो गये थे शिवहर जिले की एक अदालत ने शराबबंदी कानून के तहत दोषी पाये गये अभियुक्त अजय राम को पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है मामला वर्ष दो हजार सत्रह का है जब जिले के पिपराही थाना क्षेत्र में शराब पीने और बेचने के आरोप में अजय राम को गिरफ्तार किया गया था इधर खगड़िया की एक अदालत ने गोगरी थाना अन्तर्गत रामपुर निवासी एतवारी शर्मा को शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में दोषी पाये जाने पर पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ज्यादा धुआ निकालने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि अब पटना में डीजल चालित थ्री व्हीलर को नया परमिट नहीं दिया जायेगा उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए डीजल वाले थ्री व्हीलर को सीएनजी में परिवर्तित कराने वालों को सरकार प्रोत्साहित करेगी श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप आगामी दो अक्तूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिशा में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर सख्ती बरती जायेगी साथ ही थर्मोकोल से बने सामानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगा मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड के विशनपुरपट्टी और सेमरा निजामत गाँव के पास वैशाली कैनाल का तटबंध ट्रट गया इससे लगभग तीन सौ एकड़ से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गयी है पानी के फैलाव से खेतों में रोपी गयी धान की फसल को काफी नुकसान पहुँचा है जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि अभियंता मरम्मत का कार्य कर रहे हैं उन्होंने लोगों से भयभीत नहीं होने की अपील की है दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ने बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कुशेश्वरस्थान के सीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है आरोपित अंचलाधिकारी ने बार बार चेतावनी के बावजूद अपनी कार्यशैली नहीं बदली थी इधर लगान वसूली और दाखिल खारिज की प्रगति अत्यंत असंतोष जनक रहने पर जिले के बहेड़ी के अंचलाधिकारी के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है मुजफ्फरपूर जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के मोरचौमुख गांव से पूलिस ने दो नक्सली चंदन पासवान और इंदल पासवान को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सलियों की कई उग्रवादी घटनाओं में पूलिस को लम्बे समय से तलाश थी

पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली की स्थिति अभी भी गम्मीर बनी हुई है श्री जेटली का दिल्ली के एम्स में इलाज किया जा रहा है सड़सठ वर्षीय श्री जेटली को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल के आई सी यू में भर्ती कराया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एम्स जाकर श्री जेटली के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में पदस्थापित एल आशा लता देवी को वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए देश की सर्वोत्तम महिला फुटबॉल खिलाड़ी घोषित किया गया है अखिल भारतीय फूटबॉल संघ ने आज इसकी घोषणा की श्रीमती आशा लता मूल रूप से मणिपुर की निवासी है और कई सालों से हाजीपुर स्थित रेलवे कार्यालय में अपनी सेवा दे रही है दरभंगा जिले के धर्मपूर गांव निवासी डॉक्टर रामजी ठाक्र को संस्कृत साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार डॉक्टर ठाक्र का चयन संस्कृत साहित्य को समुद्ध बनाने उसे नई ऊंचाईयों पर ले जाने और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है पचासी वर्षीय डॉक्टर रामजी ठाकुर ने संस्कृत में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है खगड़िया रोसड़ा दरभंगा मध्रबनी पश्चिम चम्पारण और पूर्णियां समेत राज्य के अधिकांश भागों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हुई है जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है सूपौल के वीरपूर और खगड़िया में पांच सेंटीमीटर भागलपूर के बिहपूर और मधूबनी के जयनगर में चार सेंटीमीटर रोसड़ा और अररिया में तीन सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है इधर राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा हुई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनूसार पटना आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान पैंतीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम प्रर्वान्मान में बताया गया है कि पटना गया भागलपुर पूर्णियां समेत अधिकांश स्थानों पर आकाश में बादल छाये रहेंगे कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की सम्भावना है और कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया लघु जल संसाधन विभाग की योजनाओं से संबंधित ऑडियो वीडियो से लैस यह रथ जल संचयन के तरीकों और बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करेगा प्रचार रथ के माध्यम से सोख्ता का निर्माण और रख रखाव उत्तम बीज जैविक खाद का प्रयोग सूक्षम सिंचाई का उपयोग तालाब जल संरक्षण सफाई खेतों की मेड़बंदी इत्यादि जानकारियों से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा बोधगया के मेडिटेशन सेन्टर में आयोजित दो दिवसीय आठवीं राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद का आज समापन हो गया संसद में मूल रूप से बौद्घों के संविधानिक अधिकारों राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान और बुद्ध विहार एक्ट पर चर्चा की गयी इस धम्म संसद में देशभर के विभिन्न राज्यों से आये बौद्ध प्रतिनिधियों ने भाग लिया

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुये जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए एक तिहाई वन क्षेत्र होना जरूरी है बेगुसराय के डीआईजी राजेश कुमार के निर्देश पर आज बेगूसराय में दो सौ और खगड़िया में एक सौ पांच आरोपी को गिरफ्तार किया है पूर्वी चम्पारण जिले के बेतिया के रामनगर थाना क्षेत्र के सोनखर चेकपोस्ट के पास एक कार से चौबीस कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है भागने के दौरान कार ने एक बुजुर्ग ठोकर मार दी जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गयी गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के मलचौर गांव के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक और एक महिला की मौत हो गयी जबकि दो महिलाएं घायल हो गयी सीतामढ़ी जिले के कुख्यात अपराधी पिंटू सिंह को पुलिस ने बरौनी स्टेशन से पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया सीतामढ़ी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार वीर धीरेन्द्र ने बताया कि पकड़े गये अपराधी पर जिले के विभिन्न थानों में कई गम्भीर मामले दर्ज हैं

न्यायालय ने लम्बू शर्मा समेत आठ को दोषी ठहराया